उन्होंने अधिक संक्रमण वाले जनपदों में मेडिकल जांच के लिये मोबाइल टेस्टिंग वैन का उपयोग करने के लिये कहा है

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी के दौरान पूरे प्रदेश में स्वच्छता का विशेष अभियान चलाया जाये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई के साथ बातचीत की अपने टवीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने पिचाई के साथ विशेष रूप से भारत के किसानों युवाओं और उद्यमियों के जीवन को बदलने में प्रौद्योगिकी की शक्ति पर चर्चा की

प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने वैश्विक महामारी से खेल के क्षेत्र को मिल रही चुनौतियों सहित डेटा और साइबर स्रक्षा के महत्व के बारे में भी उनसे बात की प्रधानमंत्री ने कहा कि वे शिक्षा और डिजिटल भुगतान जैसे क्षेत्रों में गूगल के योगदान से काफी प्रभावित हुए हैं

डॉ अमनदीप सिंह बताया कि शुद्ध अत्यधिक प्रवण स्थानों जैसे कि अस्पताल होटल मॉल कार्यालय स्कूल जैसे स्थानों में कोरोनावायरस के प्रसार को मारने में सहायता कर सकता है

जिसको आप स्मार्टफोन से ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी से आपरेट कर सकते हैं इसमें छह लाइट्स लगी है

हास्पिटल में स्टोर्स में रूम में जहां पर बहुत सारा सामान होता है इसको डिस्इंफेक्टेट करना बहुत जरूरी है हमें उम्मीद है यह प्रोडेक्ट भी हमारे देश में से कोरोना को किल करने में बहुत ही लाभदायक रहेगा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

प्रदेश की राज्यपाल आर कुलाधिपति श्रीमती आनन्दीबेन पटेल ने संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान एसजीपीजीआई लखनऊ के निदेशक प्रोफेसर आरके धीमान को अपने वर्तमान दायित्वों के साथ साथ किंगजार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय केजीएमयू लखनऊ का कुलपति नियुक्त किया ह यह नियुक्ति तीन माह अथवा नियमित कुलपति की नियुक्ति या अग्रिम आदेशों जो भी पहले हो तक की अवधि के लिये की गई है गौरतलब है कि केजीएमयू के कुलपति प्रोफेसर मदनलाल ब्रहम भट्ट का विस्तारित कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है प्रदेश सरकार ने राज्य विश्वविद्यालयों में अगले शैक्षिक सत्र की शुरुआत को लेकर दिशानिर्देश जारी कर दिये हैं स्नातक स्तर की पहले साल की कक्षाएं पहली अक्तूबर से शुरू होंगी जबकि स्नातकोत्तर सत्र की पहली नवंबर से प्रारंभ हों गी

हालांकि इस दौरान सामाजिक दूरी का पालन अनिवार्य होगा

सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ

लडकों की तुलना में लडकियों का प्रदर्शन लगभग छह प्रतिशत बेहतर रहा

प्रदेश में दस जुलाई की रात स लागू पूर्णबंदी आज सुबह समाप्त हो गयी इस अवधि म सभी बाजार कार्यालय और अन्य गतिविधियां बंद रहीं आज से बाजार और अन्य सरकारी प्रतिष्ठान अगले पाच दिन तक खुले रहेंगे और सप्ताहांत पर दो दिन के लिए पूर्णबंदी फिर लागू होगी इस दौरान बाजारों में सैनिटाइजेशन और स्वच्छता का काम किया जायेगा प्रदेश में वर्षा और ऊपरी क्षेत्रों से नदियों में पानो आने के चलते राज्य में नदियों में जलस्तर बढ़ रहा है और कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई हैं अयोध्या में सरयू का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और यह खतरे के निशान से बारह सेंटीमीटर ऊपर बह रही है जिसके कारण निचले क्षेत्रों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है प्रशासन ने राजस्व और बाढ़ राहत विभाग को सतर्क कर दिया है